मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वामित्व योजना देश के गरीबों को मजबूती प्रदान कर रही है

उन्होंने कहा कि घरौनी के माध्यम से आबादी का शुरूआती डेटा तैयार होने से विकास के लिये सभी सरकारी योजनाएं संचालित करने में आसानी होगी डिजिटल खसरे का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऑनलाइन खसरे में गाटा फसल और सिंचाई के साधन दैवीय आपदा गैर कृषि भूमि लीज सहित कई महत्वपूर्ण विवरण दर्ज किये जायेंगे और इससे अभिलेखों में पारदर्शिता आयेगी आन लाइन डिजिटल खसरे का साफ्टवेयर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने तैयार किया है खसरों के ऑन लाइन होने से हर स्तर पर इसका निरीक्षण किया जा सकेगा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों से पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने देश को एक प्रगतिशील विचार धारा देने का काम किया श्रीमती पटेल आज लखनऊ में राजभवन से दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वावधान में पंडित दीन दयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन सतत् विकास का व्यवहार्य मार्ग विषय पर आयोजित अतर्राष्ट्रीय सेमिनार का ऑन लाइन उद्घाटन कर रही थी उन्होंने कहा कि स्वर्गीय उपाध्याय कुशल संगठक के साथ साथ समाजशास्त्री अर्थशास्त्री और दार्शनिक भी थे राज्यपाल ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनका सामाजिक जीवन समरसता और राष्ट्रभक्ति की अनूठी मिसाल है इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनील देवधर और दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह ने भी ऑनलाइन सहभागिता की दिल्ली सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे पर काम जारी है

योजना को इंजीनियरिंग खरोद और निर्माण ईपीसी मोड के तहत पूरा करने का निर्णय लिया गया है

श्री योगी आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन का लाभ हासिल करें

उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान को केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों और क्रम के अनुरूप संचालित करने का निर्देश भी जारी किया श्री योगी ने कहा कि कोरोना फ्रंट लाइन वर्कस को टीका लगाये जाने के बारे में सूचित करने के लिये जिलों में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर का उपयोग किया जाये

प्रदेश के सभी जिलों में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण का कार्य जारी है

आज भी प्रदेश में फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण का कार्य जारी है इस चरण में पुलिस कर्मियों होमगार्ड सिविल डिफेंस स्वच्छता कर्मियों व राजस्व विभाग के कर्मचारियों पैरामिलिट्री फोर्स और सेना कर्मियों सहित अन्य विभागों के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों जिला मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल अधिकारियों को भी कोरोना की खुराक दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई वह सभी पूर्ण स्वस्थ और सुरक्षित है

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

धौली गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बचाव कार्य को समय समय पर रोकना पड़ रहा है वहीं ऋषि गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी होने से अलर्ट पुनः जारी किया गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से आज फिर दोपहर दो बजे के आसपास अलर्ट जारी किया गया है एनडीआरएफ की टीमें जो कि रिसर्च ऑपरेशन में लगी हुई थीं उन्होंने वर्टीकल ड्रीलिंग की है और कैमरा ले जाकर टनल के नीचे जाने के रास्ते को तलाशने की कोशिश कर रही हैं ऋषि गंगा नंदी का जलस्तर बढ़ गया है इसकी वजह से फिर से यह अलर्ट जारी किया गया है कल भी अलर्ट जारी हुआ था और कुछ देर के लिए काम को रोकना पड़ा था इस वक्त अंदर लगे कर्मचारी जो वर्टिकल ड्रिलिंग के द्वारा बने रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे थे वो अब वापस लौट रहे हैं और खोज बीन का तलाशी अभियान का काम फिलहाल के लिए रोका जा रहा है

इस परियोजना के बारे में बताया गया कि अब तक अट्ठानवे प्रतिशत भौतिक प्रगति हो चुकी है परियोजना के तहत पांच बड़े पुल उन्नीस छोटे पुल आठ फ्लाईओवर और आर ओबी बनाये जा रहे हैं इसकी लम्बाई बयासी किलोमीटर से ज्यादा है तथा इसके निर्माण पर लगभग छह हजार बांनवे करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं

दर्शकों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है

राष्ट्रपति सचिवालय ने लोगों से अपने साथ पानी की बातल ब्रीफकेस हैण्डबैग लेडिसपर्स कैमरा रेडियो छाता और खाद्य सामग्री नहीं लाने का अनुरोध किया है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रूपये के आवंटन में से करीब नब्बे हज़ार करोड़ रूपये पहले ही राज्यों को दिये जा चुके हैं

उन्होंने कहा कि जब भी मनरेगा में कोई मांग की जाती है तो सरकार उसे पूरा करने का प्रयास करती है और इसी क्रम में मनरेगा में मांग बढ़ने के बाद बजट में बढ़ोत्तरी की गई है